इसलिए सरकार ने इसे आगे बढाने का फैसला किया है नये लॉकडाउन में सरकार ने कुछ और रियायतें दी है आईये जानते है लॉकडाउन के चौथे चरण की खास बातें केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के तय मानको के अनुरूप रेड ओरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है अब राज्य जिला सब डिविजन या नगर पालिकाओं को तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे रेड जोन और ओरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा गृह मंत्रालय के अनुसार केन्टेनमेंट जोन में पहले की तरह ही केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी केन्टेनमेंट जोन से कोई भी बाहर या अंदर नहीं आ जा सकेगा चिकित्सकीय आपात स्थिति में विशेष अनुमति के साथ आने जाने की छूट दी गई है लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आपात स्थिति को छोडकर बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा

जरूरी मेडिकल सेवाओं और रक्षा उद्देश्यों को छोडकर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उडानों पर रोक रहेगी मैट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी क्वारेंटीन सुविधाओं स्वास्थ्य पुलिस और फंसे हुए लोगों की जरूरतों और बस डिपो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर केन्टीन संचालन को छोडकर सभी होटल रेस्टोरेंट व अन्य होस्पिटिलिटि सेवाएं बंद रहेगी हालांकि रेस्टोरेन्ट खाने की होम डिलेवरी कर सकेंगे सभी सिनेमा होल शोपिंग मॉल जिम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थियेटर बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थाएं पूरी तरह बंद रहेगी ऑनलाईन शिक्षण की अनुमति जारी रहेगी सभी तरह की सामाजिक राजनैतिक मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में दर्शको के बिना खल गतिविधिया हो सकेगी आमजनता के लिए सभी धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे

कन्टेनमेंट जोन को छोडकर सभी बाजार और दुकाने खुल सकेंगी राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसमें परिवर्तन कर सकती है द्रकानों पर दो गज की दूरी के साथ ग्राहकों से लेन देन किया जा सकेगा एक राज्य के भीतर परिवहन वाहन और बसें चल सकेंगी

मालवाहक वाहनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ एम्बूलेंस और चिकित्सा सेवाओं से जुडे लोगों के निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेगी

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के संबंध में गाईड लाईन कल देर शाम जारी की थी इसलिए राज्य सरकार इसको लागू करने के बारे में आज विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए रोडवेज को बसें तैयार रखने के निर्देश दिए है

सवाईमाधोपुर जिले में करीब पांच हजार प्रवासी श्रमिकों ने अपने गृह राज्य जाने के लिए पंजीकरण कराया है

वहीं अन्य राज्यों से भी राज्य के मजदूर आ रहे है

इस बीच केन्द्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक संख्या में विशेष ट्रेन चलाने में सहयोग दें कल केबिनेट सचिव राजीव गोबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की उन्होंने कहा कि जो मजदूर पैदल चलते पाये जाये उन्हें शिविरों में ठहराकर उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए

इस बीच जेलों में कैदियों में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना संकमण को रोकने के लिए राज्य की जेलों में रेण्डम सैम्पलिंग की जा रही है उन्होंने बताया कि जिला जेल में अलग बेरक को आईसोलेशन बेरक बनाकर संक्रमित मरीजों को वहां रखा जा रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित है उनमें प्रभावी पैरवी की जाये ताकि जल्दी नियुक्तियां दी जा सके

पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में टिड्डी दलों के हमले से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है उदयपुर में भी टिड़डी दल ने दस्तक दे दी है पाकिस्तान से आया ये टिड्डी दल जोधपुर होते हुए उदयपुर पहुंचा टिड्डियों ने झाडोल विधानसभा क्षेत्र के कोटडा पंचायत समिति के खेतों में पहुंचकर मूंग व अन्य सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाया है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसके लिए आकाशवाणी को बधाई दी है